उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने हाईड्रो परियोजनओं सहित सड़कें हैलीपैड सीवर ट्रीटमैंट प्लांट हाईब्रिड पावर प्रोजैक्ट एक आईआईटी दो डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल सहित कई विकास परियोजनाओं को बनाने की अनुमति दी है अदालत ने कई परियोजनाओं को शर्त और कुछ को बिना शर्त मंजूरी दी है टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कल मध्य रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है

सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर होने वाले ईंधन की खपत के कम होने से लोगों के पैसों की बचत के साथ ही वाहनों से होने वाले वायु प्रद्षण में भी कमी आएगी बसंत पंचमी बसंत पंचमी का पर्व आज प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस पर्व को बसंतोत्सव और फूलों के खिलने के मौसम का आरंभ माना जाता है इस अवसर पर आज कुल्लू में भगवान रघुनाथजी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उन्हें रथ पर बिठा उनके अस्थायी शिविर ढालपुर लाया जाएगा कुल्लू में बसंत पंचमी को भरत मिलाप के रूप में भी मनाया जाता है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सर्वोच्च अदालत ने खोला हिमाचल के विकास का रास्ता

अमर उजाला की एक खबर है लोक निर्माण विभाग अफसर सीधे नहीं दे सकेंगे काम का ठेका छीनीं शक्तियां जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती प्रकिया पर हाईकोर्ट की रोक संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है

पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल के वित्तीय प्रबंधन पर दिल्ली में मंथन

आपका फैसला लिखता है हिमाचल प्रदेश में महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर

नमस्कार